इसका उद्देश्य पशुओं में माउथ एण्ड फुट और ब्रसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे यह कार्यक्रम दो हजार चौबीस तक जारी रखा जाएगा और इस पर लगभग तेरह हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी इस अवसर पर राष्ट्रीय कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम और बाब्रगढ़ वीर्य केंद्र की भी श्रुआत की गई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया

वे कल तिरप जिले में रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर द्वारा आयोजित सार्वभौमिक भाईचारे दिवस समारोह में बोल रहे थे समारोह को संबोधित करते हुए श्री मैन छात्रों से एक आदर्श जीवन जीने के लिए स्वामी विवेकानंद को अपना आइकन बनाने और उनके उपदेशों का पालन करने को कहा जिससे कि वे अपने सांस्कृतिक जड़ो के नजदीक रह सके रामकृष्ण मिशन द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित राहत कार्य में अपनी सेवा के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए श्री मैन ने स्वामी जी को भरोसा दिलाया कि जैसे जैसे वे अरुणाचल के लोगों के कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारियों को जोड़ेंगे राज्य सरकार इसके समर्थन को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करेगी वहीं राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने भी वी के वी निरजुली में सार्वभौमिक भाइचारे दिवस में भाग लेते हुए भाईचारे के महत्व पर बल दिया श्री सोना ने कहा कि हमे एक दूसरे की क्षेत्र धर्म जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए स्वामी विवेकानंद द्वारा सिखाए गए शांति एवं सौहार्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिजाइन जीवन कौशल के लिए पाठ्यक्रम जारी किया जीवन कौशल के लिए पाठ्यक्रम संचार कौशल पारस्परिक कौशल समय प्रबंधन समस्या सुलझाने की क्षमता निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व क्षमता के साथ स्नातकों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है मीडिया के साथ बात करते हुए धोत्रे ने कहा कि नए पाठ्यक्रम हमारे स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे ईटानगर में कल पूर्वी क्षेत्र के जिलों के लिए पहली राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पहली तिमाही के प्रदर्शन और प्लेकशीफ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर समीक्षा की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए एन एच एम के एम डी पी पर्थिवन ने जिले के सभी अधिकारियों से एन एच एम कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय रहने का आग्रह किया उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य संकेतक में सुधार के लिए भी जोर दिया

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी और केंद्रीय जिलों के सात मुख्यालय पिछले तीन दिनों से बिजली के गंभीर संकट से गुजर रहे है बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कल समाचार एजेंसी को बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के कारण यह समस्या हुई है अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो और वेस्ट सियांग जिले के आलो के बीच गत सोमवार को ट्रांसमिशन लाईन में खराबी होने के कारण अपर सुबनसिरी वेस्ट सियांग ईस्ट सियाग लोअर सुबनसिरी लेपा राडा शी योमी और लोअर दिबांग वैली जिलों के मुख्यालयों में बिजली सेवा बाधित हुई बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए कार्य जोड़ो पर चल रहा है ईस्ट सियांग़ जिले के बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रूप एच के मैच में अरुणाचल प्रदेश ने तेलंगाना को दो शुन्य से पराजित कर जीत के साथ अपनी शुरुआत की पहले हाफ में नाबम कामि और तेची आकुंग द्वारा किए गए एक एक गोल में अरुणाचल प्रदेश को बेहतर स्थिति में ला दिया दूसरे हाफ दोनो में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई मेजबान टीम के खिलाड़ियों का होसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में जमा थे दोरजी खाण्ड्र राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई राजभवन बैडमिंटन हॉल ईटानगर में खेले गए फाईनल मुकाबलों में पिंकी कार्की महिला एकल और ला ताकुम पुरुष एकल का खिताब जीता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

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान पांच दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई